इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं

म्ख्यमंत्री समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बैठक में मंत्रियों से कहा कि जिलों के सौंपे जा रहे प्रभार के बाद जिले से ज्ड़कर जांचए उपचारएरोगियों की देखभाल स्निश्चित करें उनसे कोविड केयर सेंटर शुरू कराने दवाओं की आपूर्तिए आक्सीजन व्यवस्था और टीकाकरण के लिए जन जागरूकता पर ध्यान देने को कहा म्ख्यमंत्री ने आज जिलों के प्रभारी अधिकारियों से जिले में कोरोना की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन मांगा और आवश्यक निर्देश दिये

होशंगाबाद में सेठानी घाट सहित सभी घाटों पर सोमवती अमावस्या पर इस बार भी नर्मदा स्नान प्री तरह से प्रतिबंधित है सतना जिले के तीर्थ स्थल चित्रकूट में उप्र से लगी सीमा सील कर दी गई

जबलप्र में भी सोमवती अमावस्या पर्व पर महिलाओं ने घर पर ही पूजन अर्चन किया आगरमालवा स्थित श्री बैजनाथ महादेव शिवालय में भी श्रद्धाल्ओं के प्रवेश पर रोक है उधरशिवप्री जिले में दो दिन के लॉक डाउन के बाद आज बाजार ख्ल गए

जावडेकर अपील सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की है कि चौदह अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव में बढ़ चढ कर भाग लें श्री जावडेकर ने लोगों से कोविड के खिलाफ देश की म्हिम का एक हिस्सा बनकर अपनी और अपने परिजनों की स्रक्षा स्निश्चित करने को कहा मौसम प्रदेश में पिछले दो दिनों से आसमान बादल छाने और तेज हवा के साथ बारिश होने से मौसम में ठंडक घ्ल गई है मौसम विभाग के अन्सार प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज अभी कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा इस दौरान भोपालए होशंगाबादए शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है इसके बाद बादल छंटने लगेंगे

पन्ना जिले में कल देर शाम आधी त्फान के साथ बारिश हई और कई जगहों पर ओले गिरे